यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग दस प्रतिशत है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पैकेज विशेष रूप से भूमि श्रम नकदी और कानून पर केन्द्रित होगा श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने हमें स्थानीय बाजारों और स्थानीय आपूर्ति प्रणाली का महत्व दिखा दिया है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस लंबे समय तक लोगों के जीवन का हिस्सा बना रहेगा लेकिन इसके कारण ठहराव की स्थिति जारी नहीं रखी जा सकती उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण अलग प्रकार का होगा जिसमें नये नियम लागू होंगे

उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दृष्टिगत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के बावजूद केन्द्र सरकार राज्य की जरूरतों के प्रति हमेशा संवेदनशील रही है

ये कल दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान बोल रहे थे

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर ने सैंज औट राष्ट्रीय राजमार्ग को स्तरोन्नत करने व जलोड़ी दर्रे पर सुरंग निर्माण की स्वीकृति देने का केन्द्र से आग्रह किया है

ऐसे में जलोड़ी दर्रे में सुरंग निर्माण की जरूरत है

पिछले कल कांगड़ा जिला के टांडा मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर समेत सात नए मामले सामने आए हैं

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने सैनिटाइजर घोटाले पर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के बयान को प्रमुखता दी है अमर उजाला व दिव्य हिमाचल की एक जैसी सुर्खी है सैनिटाइजर घोटाले की जांच विजिलेंस करेगी दैनिक भास्कर का शीर्षक है सचिवालय में महंगे सैनिटाइजर खरीदने की विजिलेंस जांच की जाएगी केस दर्ज होगा पंजाब केसरी के शब्द हैं सचिवालय में सैनिटाइजर घोटाला मामले की विजिलेंस जांच के आदेश दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार सचिवालय में सैनिटाइजर मामले की होगी विजिलेंस जांच आपका फैसला का कहना है सैनिटाइजर मामले में होगी एफआईआर हिमाचल दस्तक की एक खबर है गुस्से में सीएम विपक्ष पर बरसे छः बार के सीएम ने भी नहीं देखा ऐसा वक्त और पुत्र दे रहे ज्ञान प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मामलों अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में डॉक्टर हेड कांस्टेबल समेत सात और कोरोना पॉजिटिव

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल में हैड कांस्टेबल और डॉक्टर समेत सात नए मरीज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से आपका फैसला लिखता है बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखें पंचायत प्रधान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

नमस्कार